केन बेतवा लिंक केन्द्रीय जलशक्ति मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने कल भोपाल में अटल भू जल योजना और जल जीवन मिशन के अंतर्गत केन बेतवा परियोजना के साथ जलापूर्ति की विभिन्न पहलों की समीक्षा की उन्होंने इन परियोजना पर चर्चा के लिए मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और अन्य अधिकारियों से मुलाकात की श्री शेखावत ने कहा कि आम लोगों को केन बेतवा नदियों को एक दूसरे से जोड़ने की परियोजना के बारे में बहत जल्द ख्शखबरी मिलेगी उनका कहना था कि इस दिशा में मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सरकारों में बहत जल्द समझौता होने वाला है

उन्होंने कहा कि नदियों को जोड़ने की परियोजनाओं का देश के लिए बहुत महत्व है केन बेतवा परियोजना से मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के सुखे की स्थिति का निदान हो जाएगा

उधर मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि मध्यप्रदेश हमेशा से दूसरे राज्यों के हितों की परवाह करता रहा है परंत प्रदेश के हितों का भी पुरा ध्यान रखा जाएगा

नए साल के शुरू में इसे मील का पत्थर माना जा रहा है यह मार्ग विजयवाडा द्वादा रेलखंड को छोड़कर समूचे स्वर्णिम चतुर्भुज दक्षिणी मध्य रेलवे को छूता है विजयवाडा रेलखंड पर सिग्नल को उन्नत करने पर काम चल रहा है

सात राज्यों केरल राजस्थान मध्यप्रदेश हिमाचल प्रदेश हरियाणा गुजरात और उत्तर प्रदेश में एवियन इंफ्लूऐंजा की पुष्टि हो चुकी है मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि छत्तींसगढ़ से भी पक्षियों के असामान्य मृत्यु की खबर मिली है

रात्रि में रुक रुककर बारिश होती रही सुबह बादल छंटने से कई जगह कोहरा और ध्वंध छा गई पश्चिमी विक्षोभ के चलते प्रदेश के कई जिलों में मौसम में बदलाव आया हमारे बडवानी संवाददाता ने बताया कि पिछले चौबीस घंटों के दौरान जिले में कई जगह बारिश हुई

पूरे जिले में छह दशमलव पांच मिलीमीटर वर्षा रिकार्ड की गई पन्ना जिले में भी मौसम में बदलाव आया और कई हिस्सों में बादल छाये रहे और हल्की बारिश हई मौसम के इस बदलाव से तापमान में तो मामुली परिवर्तन हुआ लेकिन सर्दी का अहसास बढ़ गया शिवपुरी में आज सुबह मावठ की बारिश हुई इस बारिश के बाद सर्दी का दौर और बढ गया है ठंडी हवाएं चलने से सर्दी से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं वहीं दूसरी ओर इस मावठ की बारिश से रबी सीजन में गेहूं और चने की फसल को फायदा बताया जा रहा है इधर सतना और जबलपुर जिले में भी आज आसमान में बादल छाए हए हैं और ठंड का प्रभाव भी बढ रहा है मौसम विभाग ने जबलपुर संभाग में कहीं कहीं ओले गिरने की भी आशंका दर्ज कराई है इधर पचमढी में ठंड का असर कम हैआ है मौसम केन्द्र के अनुसार प्रदेश के अधिकांश जिलों में आज भी मौसम इसी तरह मौसम बना रहेगा और दोपहर बाद बादल छंटने की उम्मीद है बादल छंटने और ठण्डी हवायें चलने के बाद सर्दी के जोर पकडने की संभावना है

उनकी इस पहल को जिला प्रशासन ने भी पहचाना और उन्हे महात्मा गांधी रोजगार गारण्टी योजना के तहत रोजगार दिलाने में मदद की श्री संदीप की लगन अन्य लोगों के लिए प्रेरणा का सबब बन सकती है